पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है

इनमें राजस्थान के चूरू जिले की डॉ सुमन जाखड़ और अलवर के इमरान खान भी शामिल है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि देश के विकास में शिक्षकों की भुमिका महत्वपूर्ण होती है उन्होंने कहा कि शिक्षकों के उत्कष्ट कार्यो से देश में नया परिवर्तन लाया जा सकता हैं इधर प्रदेशभर में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आर्योजित किये जा रहे है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जयपुर में आयोजित किया जा रहा है

इसके अलावा इस बार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन जिलों चुरू हनुमानगढ और झुन्झुनूं के कलेक्टरों को भी सम्मानित किया जाएगा राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं

इस परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है

सदन में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य नेताओं को श्रद्वाजंलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी गई विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आयोजित हो रहे इस सत्र के काफी छोटा रहने के आसार है

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने इसकी औपचारिक घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हवाई सेवाओं के विस्तार से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा